उन्होंने प्रवेश मार्गो पर चौकसी रखने निगरानी बढ़ाने प्रयोगशालाओं और अस्पतालों को तैयार रखने पर जोर दिया श्री गॉबा ने राज्यों से कहा कि वे कोरोना वायरस से संदिग्ध रूप से ग्रस्त लोगों को पृथक रखने की सुविधाओं तथा सूचनाओं के प्रबंधन और जोखिम के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था करें इस बीच पंजाब में कोरोना वायरस का एक नया मरीज सामने आया है देशभर में अभी तक चौवालीस लोगों में कोविड नाइन्टीन की पुष्टि हुई है नोवल कोरोना वायरस से जूझ रहे ईरान से अट्ठावन भारतीय जायरीन को लेकर भारतीय वायुसेना का एक सैन्य विमान आज सुबह गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा इन यात्रियों की चिकित्सा जांच की जा रही है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण परिस्थतियों से निपटने में सहयोग के लिए ईरान में भारतीय दूतावास के अधिकारियों वहां गए भारतीय चिकित्सा दल और भारतीय वायू सेना के अलावा ईरान के अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया है श्री जयशंकर ने कहा है कि सरकार ईरान से अन्य भारतीयों को वापस लाने पर भी काम कर रही है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए संस्थानों के बीच तालमेल और सहयोग होना आवश्यक है नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के वार्षिक दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हए उन्होंने कहा कि हमारे संस्थानों में अपार क्षमता है और क्छ संस्थान इन क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर रहे हैं आज अगर भारत में इतने बड़े देश में हम दो महीने के बाद स्थिति को काबू में रखने की परिस्थिति में हैं तो उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि समय से पहले हमने कल्पना करके और बहुत सारी चीजों की तैयारी शुरू की रेल मंत्रालय ने देश में विश्वस्तरीय तकनीक और सेवाओं के साथ निजी यात्री रेलगाडियां चलाने के प्रयोजन से ऑपरेटरों के लिए नियम और शर्ते निर्घारित करने के वास्ते सचिवों के एक समूह का गठन किया है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही फिलहाल देश में कोई भी रेल यात्री सेवा निजी ऑपरेटरों द्वारा नहीं चलाई जा रही है भाईचारा और सदभावना का प्रतीक होली का त्योहार आज देश सहित पूरे प्रदेश में धार्मिक सदभावना और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रवानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को होली की बधाई दी है लोग आज सुबह से ही रंग अबीर और गुलाल लेकर अपने अपने घरो से निकल गये और एक दूसरे को रंग से भिगो कर त्योहार की बधाई दी युवाओं की टोली फागुन के गीत गाते ढ़ोल नगाड़ा बजाते हए निकली और खूब होली खेली

पूजा के बाद लोगों ने एक दूसरे को प्रसाद देकर और रंग लगाकर होती की बयाई दी रंगों के इस महा उत्सव की निराती छटा म्खुरा और वृंदावन में नजर आ रही है पूरा राहर होली की उमंग में दूबा हुआ है कल चतुर्वेदी समुदाय का मशहूर बोला विश्राम घाट से निकाला गया जो शहर के प्रमुख रास्तों से होकर गुजरा आज सुबह से ही मजन की धुन पर नाये गाकर रंगों छूतों और नियादयों के साथ ही समाज के हर तबके के लोग होती का आनंद ते रहे हैं इस अक्सर पर बरेली में ऐतिहासिक राम बारात भी निकाली गई ब्रज और अवध क्षेत्र में त्योहार का खास उत्साह रहा पूरे ब्रज मण्डल में आज होली की धूम रही चारो तरफ फागुन के गीत गाये गये और लोगों ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को त्योहार की बघाई दी मथुरा और व्रन्दावन के मंदिरों में विशेष होली मनाई गयी बांके बिहारी जी मंदिर ठाकुर राधाबल्लम मंदिर राधारमण मंदिर निधि वन राजमंदिर द्वारिकाधीश मंदिर और श्रीकृष्ण जन्ममूमि पर भारी संख्या में लोगों ने खूब होली खेली भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में होली का उत्साह चरम पर था अयोध्या के सभी खास मंदिरों में खूब होली खेली गयी वहां रंगभरी एकादशी के दिन से ही होली शुरू हो जाती है होली के त्योहार को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गये थे

प्रसिद्ध कनक भवन मन्दिर मे भगवान राम के मझते सरकार विप्रह को जगमोहन में स्थापित कर वरणों में अबीर गुलाल अर्पित किया गया लक्षण किता मन्दिर ने मगवान के विप्रहों को रंगों से भीगा चादर ओद्राकर सुचित रंग और फूलों की होती खेली गयी

राजेन्द्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या प्रदेश में आज कई जगहों पर होली की शोभा यात्रा निकाली गयी शाहजहांपुर में लाट साहब का जुलूस निकला बताया गया है कि वहां करीब सौ वर्षो से इस जुलूस को निकालने का चलन है पीलीभीत बलरामपुर अमरोहा में धार्मिक सद्भाव के साथ त्योहार मनाया जा रहा है वाराणसी के गंगा घाट पर विदेशी पर्यटकों द्वारा खेली गयी होली आकर्षण का केन्द्र बनी रही